वे यहां राजभवन में उच्च शिक्षा विभाग संबंधी एक बैठक में भाग लेंगे इस मौके पर राज्यपाल लाल टंडन और उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी भी उपस्थित रहेंगे

वे आज शाम समन्वय भवन में स्वर्गीय माणिक चंद वाजपेयी की पूण्यतिथि पर आयोजित मामाजी जन्म शताब्दी वर्ष स्मृति और विमर्श कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भी शामिल होंगे मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे इस मासिक कार्यक्रम की यह साठवीं कड़ी होगी इसका प्रसारण सुबह ग्यारह बजे किया जायेगा मन की बात कार्यक्रम को आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क के अलावा दूरदर्शन पर भी सुना जा सकेगा

तो आईये आज जानते हैं नागरिकता संशोधन कानून को लेकर फैली एक और भ्रान्ति और उसकी असलियत के बारे में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर यह बात पूरी तरह से झूठी है कि इस कानून के बाद एनआरसी या नेशनल रजिस्टर आफ सिटिजनशिप आएगा और मुस्लिमों को छोड़कर सभी प्रवासियों को नागरिकता मिल जाएगी और मुसलमानों को हिरासत शिविरों में भेज दिया जाएगा जबकि हकीकत यह है कि नागरिकता संशोधन कानून का एनआरसी से कोई लेना देना नहीं है

इसके अलावा इन कानूनी प्रावधानों को संचालित करने के लिए विशेष वैधानिक नियम भी बनाए गए हैं नागरिकता संशोधन कानून ने इसे किसी भी तरह से नहीं बदला है प्रतिक्रिया नागरिकता संशोधन कानून का बैतूल जिले के लोग भी स्वागत कर रहे हैं सीएए को लेकर जिले के आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया है आइए जानते हैं

वहीं बारिश धुंध और घने कोहरे ने मौसम को और सर्द बना दिया है

यहां घने कोहरे के कारण वाहन चालको को काफी समस्या का सामना करना पड़ा उधर मुरैना में आज तीसरे दिन कड़ाके की ठंड से जन जीवन प्रभावित हुआ है